राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल शिमला में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद

लाहौल स्पिति में कड़ाके की ठण्ड से जमी पेयजल पाईपें बीती रात रही इस मौसम की सबसे सर्द रात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

इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य नेताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल शिमला में बुलाई गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए चुनाव आचार संहिता से पहले मंत्रिमंडल की बैठक को अहम माना जा रहा है

माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी वीरेंद्र कंवर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी की जा रही है और ये मामला विभाग के संज्ञान में है उन्होंने आज ऊना में कहा कि अपात्र लाभार्थियों की सूची ज़िले में सभी उपमंडलाधिकारियों को भेजी जा चुकी है और अपात्र लोगों को रिकवरी नोटिस दिए गए हैं

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला जिले के रोहड्र में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि शादी समारोह में अधिक भीड़ इक्टठी न होने दे और सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाया जाए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्होने कहा कि रोहडू अस्पताल में कोरोना को लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए भाजपा तैयार है और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज कुल्लू ज़िला भाजपा की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा है खन्ना ने कहा कि सरकार व संगठन के संयुक्त प्रयासों से देवभूमि हिमाचल को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश की भाजपा सरकार व संगठन ने बेहतर कार्य किया है और करीब सवा दो लाख लोगों को बाहरी राज्यों से उनके घरों तक पहंचाया गया है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी वचुर्अल बैठक में भाग लिया रेल आरक्षण रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाडियों त्यौहारी विशेष रेलगाडियों और जुडवां विशेष रेलगाडियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाडी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई हैं रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाडी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेलगाडियों के लिए अनारक्षित टिकट की अनुमति दी गई है अन्य सभी रेलगाडियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगी

नड्डा इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है कि शुरूआती लक्षण दिखने पर उन्होंने कोरोना टैस्ट करवाया और आज उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नड़डा ने पिछले कुछ दिनों में उनके सम्पर्क में आए लोगों से खुद को आईसोलेट कर अपनी जांच करवाने को कहा है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही हालांकि राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद से घनी धुंध छाई हुई है

कोरोना सैंपल हिम सुरक्षा अभियान के तहत मंडी ज़िले में कल से सभी पंचायतों में विशेष सैंपल एकत्रण शिविर लगाए जाएंगे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ज़िला प्रशासन का विशेष ध्यान कोरोना टैस्टिंग बढ़ाकर रोग का जल्द पता लगाने पर है उन्होंने सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने का आग्रह किया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके उपायुक्त ने कहा कि पंचायतों में लगने वाले विशेष शिविरों में लोग स्वेच्छा से टैस्ट करवा सकते हैं और हर पंचायत को चरणबद्व ढंग से कवर किया जाएगा

मंच छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है

उन्होंने आरोप लगाया कि निजी स्कूल बच्चों से कोरोना काल में ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के शुल्क वसूल कर रहे हैं जो उचित नहीं है